प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति कल से दो दिन सुनवाई करेगी प्रदेश में मौसम का मिज़ाज अचानक बदला कई स्थानों पर वर्षा और ओलो से फसलों को नुकसान

वे आज कर्नाटक के तुमाकुरु में युवा शक्ति नये भारत की परिकल्पना विषय पर युवाओं के सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे

युवाओं के बारे में श्री मोदी ने कहा कि हर संवाद में युवा पीढ़ी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है

इसी के साथ ही श्री मोदी कपोषण पर मुक्ति पाने के लिए अच्छा काम करने वाले छह जिलों के कलेक्टर से भी मुलाकात करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित झुंझुनूं दौर्र की तैयारियां जोरों पर चल रही है इस सिलसिले में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय सचिव राकेश श्रीवास्वत अपनी पूरी टीम के साथ झुंझुनूं पहुंचे उन्होंने जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव के साथ तैयारियों का जायजा लिया

बजट सत्र के दूसरे चरण के हंगामेदार रहने के आसार है विपक्ष जहां कई मुद्दो को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है वहीं सत्तापक्ष विपक्ष द्वारा उठाये गये मुद्दों से एकजुट होकर निपटने की तैयारी कर रहा हैं

इसके लिये में देशभर में परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं परीक्षा के दौरान जांच के लिये विशेष टीम बनाई गई है पर्यवेक्षक भी नियुक्त किये गये है इस बार बोर्ड ने मध्रमेह से पीड़ित परीक्षार्थियों को खाद्य सामग्री दवा तथा पानी की बोतल ले जाने की छूट दी है

श्री राठौड़ ने चुरू जिले के रतनगढ़ में आज एक सरकारी विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में ये बात कहीं

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के निर्देश पर गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति विधानसभा में किसानों से जुड़े संगठनों और प्रतिनिधियों के साथ किसानों से जूड़ी समस्याओं पर सुनवाई करेगी और उनके सुझाव मांगेंगी उपसमिति में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के अलावा जल संसाधन मंत्री डॉ रामप्रताप कृषि मंत्री प्रभूलाल सैनी ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह और सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक को शामिल किया गया है

पिछले दो दिनों में तेजी से चढ़ते तापमान के बीच आज अचानक बादल छा गए और राजधानी जयपुर तथा टोंक सहित अनेक स्थानों पर बूंदाबांदी हुई

जिला कलक्टर ने गिरदावरी के निर्देश दे दिये है और दस मार्च तक फसल खराबे की रिपोर्ट देने को कहा है भरतपुर में भी आज कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई झालावाड़ और अलवर में भी बादल छाये हुए है जिससे मौसम में ठण्डक आ गई है मौसम विमाग के अनुसार नागौर जयपुर दौसा मरतपुर अलवर चूरू सीकर और झुंझुनू जिलों में कुछ स्थानों पर अंधड़ के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है

क्योंकि इस बार फसल में कोई रोग नहीं लगा है

क्लीन जयपुर ग्रीन जयपुर के संदेश के साथ शुरू हुई इस रैली को जयपुर महापौर अशोक लाहोटी राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा और कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने झंडी दिखाकर रवाना किया

पुलिस ने वाहन चोरों से दो ट्रेक्टर ट्रॉली और कई अन्य वाहन जब्त किये है